लाहौल स्पिति जिले के लोगों को बड़ी राहत राज्य सरकार ने सर्दियों के मौसम में रोहतांग टनल से बस चलाने का लिया निर्णय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जमीन उपलब्ध होने पर धर्मशाला में हाई परफोरमेंस एंड हाई एल्टीट्यूड सेंटर बनाने की इच्छा जताई और जनजातीय इलाकों में रूक रूक कर हिमपात व अन्य भागों में वर्षा से शीतलहर का प्रकोप बढ़ा प्रैस दिवस आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है

इसी दिन भारतीय प्रेस परिषद ने काम करना शुरु किया था इस अवसर पर केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज पेड न्यूज से भी ज्यादा खतरनाक है और इससे कुशलतापूर्वक निपटने की ज़रूरत है उन्होंने कहा कि प्रेस की आजादी सशक्त लोकतंत्र के लिए आवश्यक है और सरकार प्रेस की पूरी स्वतंत्रता सुनिश्चित कर रही है उन्होंने कहा कि मीडिया को आलोचना का अधिकार है लेकिन इसे फेक न्यूज और झूठी तथा भ्रामक खबरें देने से बचना चाहिए इधर प्रदेशभर में भारतीय प्रैस परिषद द्वारा इस वर्ष के लिए दिए गए रिर्पोटिंग व्यारव्या एक यात्रा विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर चर्चा की गई राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर सभी पत्रकारों और इस क्षेत्र में कार्यरत्त अन्य कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा है कि सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए चौथे स्तम्भ का मजबूत व निष्पक्ष योगदान बेहद जरूरी है जिला मुख्यालयों में भी प्रैस दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें इलेक्ट्रानिक व प्रींट मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया रोहतांग लाहौल स्पिति ज़िले के लोगों को सर्दियों के मौसम में घाटी से बाहर आने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने बताया कि रोहतांग दर्रा भारी बर्फबारी के कारण बंद होने पर लोगों को मुश्किलों को देखते हुए सरकार ने कल से पथ परिवहन निगम की एक बस मनाली से नार्थ पोटल और वापिस मनाली तक चलाने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि इससे घाटी के लोगों और यहां काम कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों को सर्दियों के मौसम में आवाजाही की बेहतर सुविधा मिलेगी

उन्होंने कहा कि सुरंग से छोटी निजी गाड़ियों की आवाजाही नहीं होगी ताकि सुरंग का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि भारत वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़कर आत्मनिर्भर बन रहा है वे आज बिलासपुर स्थित राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक पाठशाला में राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि विज्ञान सम्मेलनों से बच्चों का वैज्ञानिक चिंतन के साथ साथ बौद्विक व मानसिक विकास होता है

विधायक सुभाष ठाकुर और राजेंद्र गर्ग ने भी अपने विचार व्यक्त किए विपिन परमार राज्य सरकार की हिम केयर योजना के तहत अगले साल जनवरी महीने से नए कार्ड बनाए जाएंगे

विपिन परमार ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है उन्होंने लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने का आहवान किया है भाजपा प्रदर्शन शिमला ज़िला भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के राफेल पर फैसले के बाद आज शिमला में ज़िला स्तरीय धरना प्रदर्शन आयोजित कर कांग्रेस पर हमला बोला जिलाध्यक्ष संजय सूद की अध्यक्षता में हुए इस प्रदर्शन में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगने की बात कही संजय सूद ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी व कांग्रेस ने देश को गुमराह किया है अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में एक हाई परफोर्मेस एंड हाई एल्टीट्यूड सेंटर बनाने की बात कही है धर्मशाला के इन्डोर स्टेडियम में सब जूनियर नेशनल व इंटर स्टेट टेबल टेनिस प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर आज उन्होंने कहा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त जमीन उपलब्ध करवाने पर इसका निर्माण अगले दो वर्षो में करवा दिया जाएगा

इस अवसर पर सांसद किशन कपूर और विधायक विशाल नैहरिया सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज शिमला में प्रदेश खेल व नशा निवारण संगठन द्वारा आयोजित राज्यपाल एकादश और प्रैस एकादश के मध्य टी ट्वैंटी क्रिकेट मैच का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से न केवल व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है बल्कि भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा मिलता है राज्यपाल ने कहा कि स्वच्छ भारत के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं

आज पहले दिन प्रैस एकादश ने राज्यपाल एकादश को जबकि मुख्यमंत्री एकादश की टीम ने चेयरमैन एकादश को हराया प्रतियोगिता का फाइनल मैच कल मुख्यमंत्री एकादश और प्रैस एकादश के बीच खेला जाएगा मौसम प्रदेश के जनजातीय इलाकों में रूक रूक कर हिमपात और निचले भागों में वर्षा से तापमान में गिरावट आई है और शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति और चंबा ज़िला के पांगी और भरमौर की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है चंबा से हमारे प्रतिनिधि विकास ठाकुर के मुताबिक बारिश के चलते रावी नदी का जलस्तर बढ़ गया है स्थानीय लोगों के मुताबिक इस वर्षा से आगामी सेब मटर और खुमानी जैसी फसलों को लाभ होगा और मैदानी इलाकों में लोगों को पर्याप्त पानी मिलेगा राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों में दिनभर बादल छाए रहे और ठण्डी हवाएं चलती रही जनजातीय क्षेत्रों में बर्फबारी व वर्षा से राज्य के निचले इलाकों में भी ठण्ड बढ़ गई है

राज्य कृषि उपज व विपणन समिति के सलाहाकार रमेश शर्मा ने प्रदर्शनी में लगाए गए चित्रों को देखा और मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सराहा उन्होंने कहा कि श्री गुरू नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और उन्होंने अपना सारा जीवन समाज की भलाई में लगा दिया था ब्यूरो आउट रीच व कम्युनिकेशन के सहायक निदेशक रितेश कपूर ने बताया कि प्रदर्शनी के दौरान श्री गुरू नानक देव जी के जीवन और उदासियों पर आधारित प्रदर्शनी को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं